राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने आए भारतीय वन सेना के प्रशिक्ष्म अधिकारियों से बातचीत में कोविंद ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारें देश की वन सम्पदा के संरक्षण और हरियाली को बढाने के हरसंभव प्रयास कर रही हैं उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में गरीब और जनजातीय लोग देश के वन क्षेत्र के आसपास रहते हैं श्री राष्ट्रपति ने कहा कि वनों के संरक्षण के प्रयास लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और उन्हें शामिल करके ही सफल हो सकते हैं उच्चतम न्यायालय ने रियेल एस्टेट नियामक प्राधिकरण रेरा के तहत आम्रपाली समूह का पंजीकरण रद्द कर दिया है नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से इस समृह को दी गई लीज भी न्यायालय ने रद्द कर दी है न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमर्ति य य ललित की पीठ ने इस समृह की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का जिम्मा एन बी सी सी को दिया है न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता और वेंकेटरमणी को न्यायालय का रिसीवर नियुक्त किया है लीज़ रद्द हो जाने के कारण आम्रपाली की सभी सम्पत्तियों के अधिकार रिसीवर के पास रहेंगे पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को आम्रपाली समूह के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल शर्मा अन्य निवेशकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ धनशोंधन के आरोपों की जांच करने का भी निर्देश दिया है आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है उन्नीस सौ सत्ताईस में आज के ही दिन देश का पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे केंद्र से किया गया था आठ जून उन्नीस सौ छत्तीस को भारतीय प्रसारण सेवा को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया उन्नीस सौ छप्पन में इसे आकाशवाणी नाम भी दिया गया प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सर्य प्रकाश ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि आकाशवाणी के चार सौ चौदह केन्द्र हैं जो तेईस भाषाओं और एक सौ उन्यासी बोलियों में प्रसारण उपलब्ध कराते हैं राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर मैं आकाशवाणी के करोडों श्रोताओं को उनके प्रोत्साहन और प्यार के लिए घन्यवाद देना चाहता हूं इस दृनिया में भारत के समान विविधता वाला देश और कोई नही और इस विविधता को भाषा क्षेत्र में भी देख सकते हैं वर्षों से आकाशवाणी का प्रयास यह रहा है कि इस विविधता को आकाशवाणी के प्रसारण में समाहित करना सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर लोगों को शुभकामनाए दी हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता से हर महीने संवाद के लिए रेडियो को चना है क्योंकि उन्हें विश्वास है कि रेडियो ही एक ऐसा जरिया है जो देश में समाचारों के साथ मनोरंजन का भी माध्यम है एक दवीट संदेश में प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार एक नई शुरूआत करने जा रही है उन्होंने बताया कि एक ही स्टेशन चार नये स्टेशनों की जगह ले सकेगा जिससे नई तकनीक से आकाशवाणी सेवा मीडियम वेब और एफएम के जरिए और अधिक लोगों तक पहुंच सकेगी शहीद सैनिकों को श्रद्वांजलि देने के लिए देश भर में करगिल विजय दिवस हर वर्ष छब्बीस जुलाई को मनाया जाता है करगिल युद्ध में इन जवानों ने भारत को विजय और सम्मान दिलाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं

ये यादें है उस बेटे की जो एक पिता के दिलों में बीस सालों से हर पल जिंदा है वो बेटा था कैप्टन मनोज पांडे भारतीय सेना का वो जांबाज अफसर जिसने करगिल की पहाड़ियों में दृश्मनों से लोहा लेते हुए शहादत पाई और उन्हें सबसे बड़े वीरता सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया आकाशवाणी समाचार लखनऊ से बातचीत के दौरान कैप्टन मनोज पांडे के पिता गोपीचंद पांडे ने अपने बेटे की यादों को साझा किया

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी चन्द्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है उन्होंने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के एक संस्करण का स्मरण किया जिसमें उन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले चन्द्रशेखर आजाद को निडर और दृढ संकल्प वाला स्वतंत्रता सेनानी बताया था प्रधानमत्री ने लोकमान्य तिलक को भी उनकी जयंती पर श्रद्वांजलि देते हुए कहा कि लोकमान्य तिलक ने अपना जीवन पूर्ण स्वराज के लिए समर्पित कर दिया